प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी को सीधे उपनिरीक्षक पद पर नियुक्ति दी जायेगी उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों से प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने को कहा

इस अवसर पर कई कार्यकमों का आयोजन होगा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रंपिता महात्मा गांधी को राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे श्री मोदी विजय घाट जाकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की की समाधि पर श्रद्वासुमन अर्पित करेंगे प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने भी महात्मा गांधी और स्वर्गीय शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे गांधी जयंती के मौके पर संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय महात्मा गांधी अलंकरण समारोह रविन्द्र भवन में आयोजित होगा

भोपाल के माधवराव सप्रे संग्रहालय में आज महात्मा गांधी पर आधारित संगोष्ठी का आयोजन किया जायेगा जिसमें पदमश्री विभूषित रमाकान्त दुबे सविता वाजपेयी रघू ठाकुर और गुन्देचा बन्धुओं को महात्मा गाँधी सम्मान से नवाजा जायेगा वहीं विमेन्स प्रेस क्लब भोपाल और पत्रे सूचना कार्यालय द्वारा स्वच्छता और गांधी दर्शन पर एक परिचर्चा का आयोजन किया जायेगा पंचायत योजना सतत टिकाउ और समग्र विकास के उद्वेश्य से तैयार किये गये ग्राम पंचायत विकास योजना के एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का आज गांधी जयंती पर ग्वालियर में देशव्यापी श्रभारंभ होगा केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर इस कार्यकम को शुभारंभ करेंगे

इसके अंतर्गत मानव विकास और समाज के सबसे गरीब वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जायेगा

कार्यकम में ग्वालियर जिले में सवच्छपूर्णा अभियान के तहत स्वच्छ पंचायत प्रतियोगिता में अग्रणी रही जनपद और ग्राम पंचायतों को पुरस्कार वितरित किये जायेंगे मिंटो हॉल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में ऐतिहासिक मिंटो हॉल अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये केन्द्र प्राचीन विरासत को सहेजकर रखने का बेहतरीन उदाहरण है मुख्यमंत्री ने कहा कि मूल स्वरूप में कोई बदलाव किये बिना पुराने विधानसभा भवन को नया स्वरूप दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा ने कहा कि यह भवन प्रदेश के इतिहास और संसदीय गतिविधियों का गवाह रहा है

भवन की दीवारों पर बनी मूल चित्रकारी को यथावत रखते हुए इसमें आधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई है

पुरस्कार के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किये हैं पुरस्कार चार श्रेणियों में दिये जायेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल मंत्रि परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया

इसमें भोपाल में कोलार नवीन इन्दौर में मल्हारगंज खुड़ैल भिचौली हप्सी राउ कनाड़िया जबलपुर में गोरखपुर आधारताल रांझी ग्वालियर में तानसेन मुरार सिटी सेन्टर उज्जैन में कोठी महल उज्जैन नगर सागर में सागर नगर और रीवा में हुजूर नगरीय तहसीलों और कई अन्य जिलों की नगरीय तहसीलों को शामिल किया गया है इनका संचालन अगले साल एक जनवरी से शुरू किया जायेगा

शासकीय शालाओं में नियोजित अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया

न्यायालय गुंडागर्दी उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे प्रदर्शनों के दौरान गूंडागर्दी और तोड़फोड़ करने वाले लोगों से सख्ती से निपटे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें प्रधान नयायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और डी वाई चन्द्रचूड की खंडपीठ ने कहा कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले इन स्वंयमू गुटों के अपराध करने के कारण कई हो सकते है लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य गैर कानूनी रूप से अपनी धौंस जमाना है खंडपीठ ने कई पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह व्यवस्थाए दी शीर्ष न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है विशेषकर ऐसे लोगों के खिलाफ जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं उन्होंने कहा कि राज्य की जांच एजेंसियों को भी ऐसे असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए

बालिका वर्ग मे जबलपुर की विशाखा हांडा ने पहला रीवा की प्रियंका मिश्रा ने दूसरा और उज्जैन की कृतिज्ञा शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया इसके पूर्व खेल एवं यूवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने प्रतियोगिता का श्रभारंभ करते हुए कहा कि अगले वर्ष से राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री कप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को ट्रैक सूट दिया जाएगा

फायनल में भोपाल का मुकाबला जबलपुर से होगा वहीं इन्दौर में राष्ट्रीय खेल महोत्सव की बैडमिंटन स्पर्धा में इन्दौर पलक काकाणी ने मुंबई की सोनल को हराकर महिला एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है वालीबाल में उत्तर राजस्थान ने खिताब जीता है इन्दौर को एक और खेल सुविधा मिलने जा रही है खेल और युवा कल्याण मंत्री आज जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान राउ में हॉकी टर्फ का भूमिपूजन करेंगी पांच करोड़ बीस लाख रूपये की लागत से अगले साल दिसंबर तक ये टर्फ तैयार हो जायेगा

इस मौके पर एनएमडीसी मझगवा में कल शाम मुम्बई के कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गयी